प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विश्व आर्थिक फोरम के दवोस संवाद को संबोधित करेंगे वे उद्योग जगत के चार सौ से अधिक दिग्गजों के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर भाषण देंगे श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिल्ली में करियप्पा ग्राउण्ड पर एनसीसी की रैली को भी संबोधित करेंगे इस अवसर पर रक्षा मंत्री प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

ये दिशानिर्देश पिछले चार महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अनुसार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी नियंत्रण तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे स्थानीय स्तर पर पुलिस और नगर निगम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का सख्ती से पालन किया जा रहा अथवा नहीं राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाऐंगे कि लोग मास्क पहनें बार बार हाथ धोयें और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति दी गई है लेकिन इस दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन करना होगा

निर्देश के अनुसार अब संवधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस तरह के आयोजनों में लोगों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी

अब उन्हें और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब स्वीमिंग पूल में सभी को जाने की अनुमति होगी इसके लिए भी गृह मंत्रालय के परामर्श से युवा कार्य और खेल मंत्रालय संशोधित दिशानिर्देश जारी करेगा

लेकिन इसके लिए वाणिज्य विभाग संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा अंतर्राष्ट्रीय उडानों को बढाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सत्तर नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं एक सौ सत्रह मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं जबकि दो लोगों की मौत हुई है मृतकों में धनबाद और रांची जिले से एक एक मरीज शामिल है

इनमें सात सौ तेईस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख सोलह हजार सात सौ छह मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार छियासठ मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट अनठानबे दशमलव चार नौ प्रतिशत हैं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कल सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं

संसद का बजट सत्र कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात्रि नौ बजे तक चलेगी

इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वर्चुअल इंटेलीजेंस ट्रल तेजस का शुभारंभ करेंगे तेजस से नागरिक केन्द्रीय सेवाएं उपलब्ध कराने और नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करने तथा सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज झारग्राम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करेगा पार्टी की ओर से आयोजित रैली में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्या ने कहा कि शीर्ष कमिटी के निर्णय के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जायेगी केन्द्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के उस ई मेल को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने कोविड महामारी की क्षतिपूर्ति के रूप में संयुक्त राष्ट्र से एक करोड़ साठ लाख रुपये जीते हैं इस मेल में संबंधित व्यक्ति से यह राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और बैंक का विवरण मांगा गया है पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि आर बी आई कभी भी किसी व्यक्ति से निजी सूचना मांगने के लिए सम्पर्क नहीं करता सरकार ने उस मैसेज को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह तीन हजार आठ सौ रुपये का भत्ता दे रही है पीआईबी ने कहा है कि यह सुचना फर्जी है और केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरु किया गया स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन गया है स्वच्छ भारत मिशन व्यवहार में परिवर्तन के लिए शुरु किया गया था और आज इसका असर देश में देखने को मिल रहा है लोग स्वच्छता को अब अपनी आदतों में शामिल कर रहे हैं ये बातें अपर महानिदेशक पीआईबी रांची अरिमर्दन सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता ही सेवा विषय पर रांची में वेबिनार परिचर्चा की शुरुआत करते हुए कहीं इस मौके पर स्वच्छ भारत मिशन निदेशक नैन्सी सहाय ने कहा कि स्वच्छता के इस मुकाम तक पहुंचने में आमजनों का काफी सहयोग मिला है

वेबिनार में विशेषज्ञों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े विभिन्न जिलों के अधिकारी कर्मचारी शोधार्थी छात्र पीआईबी आरओबी एफओबी दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा दूसरे राज्यों के अधिकारी कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र के ललमटिया फरक्का एमजीआर लाइन के ट्रेक से पुलिस ने कल एक व्यक्ति का शव बरामद किया है पुलिस हत्या और आत्म हत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है इस बीच राजमहल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की खदान में डूबने से मौत हो गई पुलिस मामले की छानबीन कर रही है संक्षिप्त खबरें सुप्रीम कोर्ट ने पलामू दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड सरकार और एनएमसी से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब मांगा है जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है रांची पुलिस ने मांडर थाना क्षेत्र के बूढ़ा खुखरा गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक अवैध हथियार कारोबारी को गिरफ्तार किया है